इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

इसके अलावा रतलाम जिले में नौ दिन जबकि खरगोन बड़वानी कटनी और बैत्ल में सभी बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सात दिन बंद रहेंगे

दमोह में उपच्नाव के कारण लॉकडाउन नहीं लगाया गया है आचार संहिता लगी होने की वजह से लॉकडाउन लगाने का फैसला च्नाव अधिकारी को लेना होगा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लॉकडाउन के स्थान पर कोरोना कर्फ्यू शब्द का प्रयोग किया जाए इससे लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़ेगी उन्होंने कहा कि कोरोना नियंत्रण के लिये अब छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाये जाये

वहीं राजधानी भोपाल में श्क्रवार स्बह से तेज हवा चल रही है और मौसम त्लनात्मक रूप से ध्रप की च्भन क्छ कम है